उच्चतम न्यायालय ने अदालतों में महिला वकीलों के लिये सुरक्षा मातृत्व लाभ और पेशन जैसे उपाय करने का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर केन्द्र और बार काउंसिल से जवाब तलब किया है

ये बोर्ड सरकार को व्यापारियों पर नियमों के अनुपालन के भार को कम करने और व्यापारियों के लिये कोष की उपलब्धता बढाने को लेकर सुझाव देगा साथ ही ये बोर्ड सरकार को व्यापारियों से संबंधित कानून को सरल करने के साथ सुरक्षा लाभ बीमा पेंशन और स्वास्थ्य संबंधित सुझाव देगा

राज्यसभा ने कल इसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है इस विधेयक में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अनियमित जमा योजनाओं पर रोक लगाने के लिए एक व्यापक तंत्र का प्रावधान है वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह कानून बनने से पोंजी योजनाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सकेगी उन्होंने कहा कि इस कानून से गरीबों के हितों की रक्षा होगी

इनमें दिल्ली के दो स्मारक भी शामिल हैं

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के निदेशक बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों के लिए सत्यापन की निर्धारित व्यवस्था के साथ वन टाईम पासवर्ड के माध्यम से भी सत्यापन हो सकेगा इसके लिये पेंशनरों को सत्यापन के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ई मित्र कियोस्क या राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर जाना होगा उन्होने बताया कि इसके साथ ही जो पेंशनर अत्यधिक वृद्दावस्था या शारीरिक अस्वस्थता के कारण वार्षिक सत्यापन के लिये ई मित्र कियोस्क या राजीव गांधी र्सवा केन्द्र पर जाने में असमर्थ है उनका वार्षिक सत्यापन क्षेत्रीय सत्यापन अधिकारी से करवाया जायेगा

मुख्यमंत्री ने राज्य में भी गरीब मेधावी विद्यार्थियों को कोचिंग सहायता उपलब्ध कराने के लिये आनंद कुमार को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया है

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और अनिरूद्व बोस की पीठ ने जनहित याचिका पर विधि एवं न्याय मंत्रालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है इस जनहित याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट सहित विभिन्न अदालतों में महिला वकीलों के खिलाफ यौन उत्पीडन की सूची दी गई है अधिवक्ता इंदू कौल की ओर से दायर याचिका में महिला वकीलों को सशक्त करने के लिये राज्य बार काउसिलों के समन्वय में बार काउसिल ऑफ इंडिया से सामाजिक सुरक्षा उपाय की योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया है याचिका में कहा गया है कि कानूनी पेर्श में महिला वकील की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होनी चाहिये

इस संबंध में कल बीकानेर जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने योजना के प्रचार प्रसार के लिये रथ को हरी झण्डी दिखाई उप निदेशक कृषि विस्तार जगदीश पूनिया ने बताया कि अधिसूचित तहसील में अधिसूचित फसल उगाने वाले किसान ही इस योजना में बीमा कराने के लिए पात्र होंगे पात्र किसानों को आधार नम्बर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा

आबकारी निरीक्षक मूमल बूब का दो दिन पहले बारां तबादला हो गया था रिलीव होने से पहले उसने शराब ठेकेदार से तीन दुकानों की मासिक बंधी लेने के लिए कांस्टेबल को भेजा था कांस्टेबल को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया

इसी तरह दरगाह कमेटी की ओर से ही कायड़ विश्राम स्थली पर भी बड़ी संख्या में पौधारोपण कर कमेटी की ओर से पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ पेड़ों की संरक्षा का संदेश दिया गया

कल भी ट्रेन का संचालन नहीं हुआ और आज भी ट्रेन नहीं चलेगी वाटर ट्रेन डिग्गियों की सफाई के बाद चलाई जाएगी